राज्यसभा ने इससे संबंधित संकल्प किये स्वीकार राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के लिए पुनर्गठन विघेयक पारित किया राज्य में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक भी किया गया पारित गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने से राज्य में समाज के सभी वर्ग होंगे लाभान्वित उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सड़क द्र्घटना में गम्मीर रूप से घायल उन्नाव द्ष्कर्म पीड़िता को बेहतर इलाज के लिये दिल्ली के एम्स में कराया गया भर्ती केन्द्र सरकार ने कल धारा तीन सौ सत्तर समाप्त करने की घोषणा की जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था इससे संबंधित संकल्पों को कल राज्यसभा ने पारित कर दिया राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विवेयक दो हजार उन्नीस को इकसठ के मुकाबले एक सौ पच्चीस वोटों से पारित किया राज्य में सामान्य वर्ग के ऑर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए दस प्रतिशत के आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस भी राज्यसभा ने पारित किया सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने का प्रस्ताव भी कल राज्यसभा में रखा जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाये जाने को उचित ठहराया है उन्होंने कहा कि जम्म कश्मीर के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है बल्कि राजनेता वहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने में कोई मदद नहीं मिली श्री शाह ने यह भी कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर आने से बहुत पहले ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर लाने के पीछे यही विचार था कि इसे बाद में हटा लिया जाएगा लेकिन किसी राजनीतिक दल ने ऐसा करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई

प्रस्ताव का विरोध करते हुए सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नवी आजाद ने कहा कि कांग्रेस हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेगी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की अवमानना की है बहजन समाज पार्टी के नेता सतीश चन्द्र मिश्र ने कहा कि उनकी पार्टी अनुछेद तीन सौ सत्तर हटाने के सरकार के विधेयक का समर्थन करती है

भाजपा के भूपेन्द्र यादव ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया

ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नेता नवनीत कृष्णन ने प्रस्ताव और विधेयकों का स्वागत किया शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इसका समर्थन किया दूसरी ओर सरकार के फैसले का विरोध करते हुए एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने सदन से वॉक आउट किया

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह उन्नीस सौ चौवन में लागू संविधान आदेश का स्थान लेगा जिसमें समय समय पर संशोधन किये गये हैं आदेश के तहत अनुच्छेद तीन सौ सड़सठ में कई धाराए जोड़ी गई हैं अब राज्य की संविधान सभा विधान सभा के नाम से जानी जायेगी लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए जम्मू कस्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विघेयक दो हजार उन्नीस भी पारित कर दिया लदाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने की घोषणा के बाद वहां के लोग इस ऐतिहासिक दिन का जश्न मना रहे हैं तीस वर्ष से भी अधिक समय से लद्दाख को केन्द्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की जा रही थी पिछले तीस वर्ष से लद्दाख को एकजुट करने और विशेष दर्जा दिलाने के लिए संघर्षरत पूर्व सांसद थुप्स्तान चीवांग ने आकाशवाणी से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी

बल्कि जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के हित में ये फैसला होना जरूरी था उन्होंने सरकार से लद्दाख की संस्कृति और उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख को एक विघानसभा मंजूर किए जाने के लिए भी सरकार से अपील की है

वहां इंडस्ट्री लगेगी उसको रोजगार मिलेगा वहां टूरिस्ट जाएंगे उसको रोजगार मिलेगा उसको सम्पन्न बनाना चाहते है

श्री शाह ने कहा कि इस धारा के कारण राज्य का विकास संभव नहीं हो सकता था उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर सभी बुराईयों भ्रष्टाचार और गरीबी की जड़ है और घाटी में आंतकवाद का मुख्य कारण भी है उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के कारण कोई डॉक्टर जम्मू कश्मीर जाना नहीं चहता क्योंकि वह वहां मकान नहीं खरीद सकता और न ही मतदाता बन सकता था गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि घाटी में स्थिति सामान्य होने के बाद जम्मू कश्मीर यथा शीघ्र केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बन जाएगा मैं निरिवत रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी उचित समय आएगा

और मैं आज इस सदन के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट मणि है श्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर एक अस्थाई प्रावधान था लेकिन पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति के कारण इसे समाप्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में राज्य में इकतालिस हजार से अधिक लोग मारे गए उन्होंने कहा कि राज्य के केवल तीन परिवार अपने स्वार्थो को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के भाषण की सराहना की है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पहले हुए अन्याय और सरकार के दृष्टिकोण को मजबूती से रखा कांग्रेस के जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि उनके राजनीतिक गुरू राम मनोहर लोहिया जी हमेशा से भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्ता के खिलाफ थे संवाददाताओं से बातचीत में श्री ट्विवेदी ने कहा कि इतिहास की वो गलती सुधार दी गई है जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में लोगों ने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समात किए जाने का गर्मजोशी से स्वागत किया गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा के तुरंत बाद जम्मू जिले के कुछ भागों में लोग सड़कों पर खुशियां मनाते हुए देखे गऐ डोगरा फ्रंट के अव्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिठाई बांटी उधमपुर में भी लोगों ने सड़कों पर खुशी मनाई जम्मू कश्मीर में राज्य को विशेष दर्जा दिलाने वाली धारा तीन सौ सत्तर के हटाये जाने का प्रदेश में भी लोगों ने स्वागत किया है जगह जगह लोग मिठाईया बांट कर खुशियां मनाते देखे गये वाराणसी में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई देते हुए उन्हें इस ऐतिहासिक फैसले पर धन्यवाद दिया वाराणसी की नजमा परवीन ने इस निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय बताया

हालांकि पहले शीर्ष न्यायालय ने पीड़िता और उसके घायल वकील के स्थानांतरण के बारे में इस महीने की नौ तारीख को सुनवाई करने की बात कही थी क्योंकि उनके परिवार की ओर से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में पेश नहीं हुआ था और न ही स्थानांतरण की मांग की थी प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना में पीड़िता के वकील को आज बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया जायेगा